प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह की तैयारियां जोरों पर गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा समारोह में होंगे शामिल पंचायतीराज संस्थाओं के तीसरे व अंतिम चरण के लिए मतदान कल गुरू गोविंद सिंह जी की जयंती देश सहित प्रदेशभर में श्रद्वा व हर्षोल्लास से मनाई गई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

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को विधायकों से परामर्श के बाद ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं वे आज शिमला में योजना विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक प्राथमिकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि उन्हें संबंधित क्षेत्रों की विकासात्मक आवश्यकताओं और जनआकांक्षाओं की बेहतर जानकारी होती है जयराम ठाकुर ने कहा कि ये देखने में आया है कि संबंधित विभागों द्वारा डीपीआर समय पर तैयार न किए जाने के कारण विधायक प्राथमिकताओं में अकसर विलंब हो जाता है मुख्यमंत्री ने विधायकों की सकिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर नियमित बैठकें आयोजित करने पर भी बल दिया उन्होंने कहा कि प्रदेश में लागू होने वाली सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को अपने संबंधित जिलों में कम से कम एक विशेष योजना शुरू करने के निर्देश भी दिए उन्होंने उपायुक्तों को आगामी वित्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण सुझाव देने को भी कहा बैठक में मुख्य सचिव अनिल खाची सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज समारोह के प्रबंधों की समीक्षा के लिए रिज मैदान का दौरा किया मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमितशाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़डा भी पूर्ण राज्यत्व दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समारोह के आयोजन के लिए विशेष प्रबंध करने के निर्देश भी दिए मुख्यमंत्री के साथ शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और नगर निगम महापौर सत्या कौंडल भी मौजूद रहे

इस अवसर पर उन्होंने युवा उद्यमियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऑनलाईन रेडियो से राज्य की संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा मिलेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर भी मिलेगा ऑनलाईन रेडियो के संस्थापक दीपिका और सौरभ ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि ये रेडियो एंड्रॉयड के अलावा एप्पल फोन पर भी उपलब्ध रहेगा अविनाश खन्ना प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने पंचायतीराज चुनावों में भाजपा की जीत का श्रेय केन्द्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली को दिया है

इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने पंचायतीराज चुनावों के दूसरे चरण में भी अधिकतर भाजपा समर्थित प्रधानों व उप प्रधानों की जीत का दावा किया है

शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि भाजपा अध्यक्ष राज्य सरकार की तीन साल की सफलताओं का झूठा गुणगान कर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं राठौर ने कहा कि प्रदेश की जनता ने भाजपा को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है और इसका आगाज नगर निकाय चुनावों से हो चुका है

प्रधान उपप्रधान और वार्ड सदस्यों के लिए मतगणना मतदान के तुरंत बाद आरंभ होगी और देर शाम तक चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे

इस अवसर पर गुरू गोविंद सिंह की जन्मस्थली पटना साहिब के तख्त श्री हरमंदर साहिब गुरूद्वारे में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया देशभर से हजारों श्रद्वालु वहां पहुंचे इधर प्रदेश में भी गुरू गोविन्द सिंह जी का प्रकाशोत्सव पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया

सोलन के सपरून स्थित ग्रूद्वारे में शबद कीर्तन का आयोजन किया गया और इस दौरान विभिन्न रागी जत्थों ने गुरूवाणी से संगतों को निहाल किया गुरूद्वारा सिंह सभा सपरून के अध्यक्ष मनमोहिन्द्र सिंह ने बताया कि गुरू गोविंद सिंह जी के वचनों को जन जन तक पहुंचाने के लिए गुरू पर्व का आयोजन किया जाता है

इनमें कांगड़ा व शिमला से पांच पांच हमीरपूर व सोलन से चार चार लाहौल स्पिति व मण्डी से तीन तीन कल्लू से दो और चंबा से एक नया मामला सामने आया है

सड़क बहाल जनजातीय जिला लाहौल स्पिति में अटल टनल रोहतांग के खुल जाने से राष्ट्रीय राजमार्ग तीन मनाली से दारचा तक खोल दिया गया है सीमा सड़क संगठन ने तांदी संसारी नाला सड़क को भी वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया है

उपायुक्त पंकज राय ने लोकनिर्माण विभाग को घाटी की सभी संपर्क सड़कों को जल्द बहाल करने के निर्देश दिए हैं